कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभी मतदान केन्द्रों पर पोलिग पार्टियां पहुंच रहीं हैं

पहले चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही

उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में सैनिटाइजेशन सहित आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये चुनाव चार चरणों में कराये जा रहे है सभी चरणों के चुनावों की मतगणना दो मई को एक साथ शुरू होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा कल कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल रात का कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जांच निगरानी और उपचार के लक्ष्य के अनुसार कोविड रोकथाम की प्रभावी कार्रवाई जारी रखें

राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की दरें भी निर्धारित कर दी हैं उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आरटी पीसीआर जांच के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम डेढ़ लाख परीक्षण किए जाने चाहिए

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ प्रयागराज कानपुर तथा वाराणसी में कोविड संक्रमण को देखते हुये बेडों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड से संक्रमित पाए गए हैं वे कल से पृथकवास में हैं एक ट्वीट सदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे अपना इलाज करवा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री पृथकवास में चले गए थे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित है ट्वीट संदेश में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वे आइसोलेशन में हैं उन्होंने पिछले दिनों में मुलाकात करने वाले लोगों से कोविड जांच कराने को कहा है प्रदेश में तीन जिलाधिकारियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नियंत्रण एवं प्रबन्धन कार्यों के सम्बन्ध में समाज को जागरूक करने में सतो धर्माचार्यों एवं धर्म गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनज़र कल उनसे वर्चुअल संवाद किया राज्यपाल ने धर्म गुरुओं से कोरोना नियंत्रण में पूर्व की भांति सक्रिय सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की दर अधिक है कोरोना से बचाव जागरूकता अभियान में सभी धर्मगुरू अपने अनुयायियों और श्रद्धालुओं को लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक टीकाकरण के लिये प्रेरित करें इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है प्रदेश की जनता अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा अफवाहों से बचें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामा को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा कई राज्यों ने कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी

न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया

उनके संघर्ष भरे जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर सभी को समर्पित भाव से राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भारत के संविधान शिल्पी थे समता न्याय व बंधुता जिस भारत के संविधान के मूलभूत तत्व हैं उन्हें भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही ह

रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है

नमाजियों ने कोविड निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावी अदा की कई मौलवियों और विद्वानों ने मुसलमानों से रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है और एक महीने का रोजा समाप्त होने पर ईद उल फित्र मनाया जाता है प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए श्भकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज के ई पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला है

निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने कल यह जानकारी दी